न्यायालय ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे देश से स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय ने इस बारे में समाचार पत्रों और पोर्टलों में विभिन्न खबरों का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया है पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी को न्यायालय मित्र नियुक्त किया है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वी गिरी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी पीठ ने उच्चतम न्यायालय पंजीयन शाखा को बच्चों से दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी शीर्षक से रिट याचिका के रूप में दर्ज करने को कहा है सांसद पत्र रतलाम झाबुआ सांसद जीएस डामोर ने आज मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर झाबुआ अलीराजपुर जिले की झाबुआ का कड़कनाथ झाबुआ अलीराजपुर जिले की पिथौरा कला और झाबुआ अलीराजपुर जिले के दाल पानिये को मध्यप्रदेश की ब्रॉन्डिंग सुची में शामिल करने की मांग की है श्री डामोर ने पत्र में विधानसभा में प्रस्तुत बजट में प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम की सेव मालवा निमाड़ के दाल बाफले मुरैना की गजक भिंड के पेड़े बुंदेलखंड की मावा जलेबी चंदेरी की साड़ी और बाग प्रिंट की ब्रॉन्डिंग कर इनका प्रमोशन करने के निर्णय का स्वागत किया है और इसे सराहनीय पहल बताया है लोक अदालत प्रदेश में आज सभी जिला और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इन लोक अदालतों में बिजली बिल मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावावैवाहिक श्रम विवाद भूमि अधिग्रहण जलकर राजस्व जैसे मामले आपसी सहमति सुलझाये जा रहे है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में बिजली चोरी सहित आपसी समझौते से हल किये जाने वाले मामलों पर विचार किया जा रहा है

जबलपुर अनूपपुर नरसिंहपुर उमरिया रीवा सतना सहित सभी जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां भी लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं चिकित्सा कर्मी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में रिथत अस्पतालों में चिकित्सकों और अर्द्वचिकित्सा कर्मियों के खाली पद भरने का परामर्श जारी किया है इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों पर काम के बढ़ते बोझ को कम करना और चिकित्सकों रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों के दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्सकों और अर्द्व चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है

रीवा विद्युत परियोजना मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश से रीवा स्थित एशिया की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा है तेज बारिश से हुए भूस्खलन के कारण परियोजना को क्षति पहुंची है हालांकि पिछले दो दिन से बारिश थम गई है और विशेषज्ञ इस विद्युत सयंत्र की मरम्मत में व्यस्त हैं एक अनुमान के मुताबिक बारिश से रीवा के सौर ऊर्जा संयंत्र को बीस करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान हुआ है

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों को मरम्मत के लिए बुलाया गया है और बहाली का काम जोरों पर चल रहा है

इस अवधि में गरीबी सूचकांक में यह सबसे तेज गिरावट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रसोई ईंधन स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है

अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा